उन्होंने युवाओं को गलत रास्ते पर जाने से रोकने की आवश्यकता पर भी बल दिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से हैदराबाद में भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षुओं के दीक्षांत परेड को संबोधित कर रहे थे

चावल जांच जबलपुर संमाग के मंडला और बालाघाट जिले में राशन दुकानों के जरिए निम्न स्तर के चावल सप्लाई मामले में जांच शुरू कर दी गयी है

इसके अलावा सभी राइस मिल को सील करते हुए बिजली काटने की भी कार्रवाई की गयी है

साथ ही राइस मिल संचालकों और तीन शासकीय कर्मचारियों के खिलाफ जांच कर एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की गयी है

हरदा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में केन्द्र सरकार से आग्रह किया गया था

जिसके तहत आपके सफर के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव की व्यवस्था की जाएगी कोविड मरीजों की संख्या को देखते हए रेलवे यात्रियों को महज बीस रुपये में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्लेटफार्म पर संचालित हो रहे खानपान के स्टॉलों पर यह किट उपलब्ध कराएगा यह किट जल्द ग्वालियर स्टेशन पर यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी इस किट में एक हुड कैप एक जोड़ी जूते का कवर एक जोड़ी हैंड ग्लब्स एक तीन पर्त वाला मास्क व तीन पाउच हैंड सेनेटाइजर होगा इस किट की कीमत रेलवे ने बीस रुपये तय की है